उन्होंने कहा कि अब संक्रमण के फैलाव को कम करने पर ध्यान देना चाहिए यह सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित पूरी सावधानी बरतें राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस में श्री मोदी ने कहा कि सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहे सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई भागों में आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरें मगर निश्चित रूप से फिर शुरू हो गई हैं और आगामी दिनों में यह प्रक्रिया और तेज होगी श्री मोदी ने कहा कि अब इस बात के स्पष्ट संकेत मिल गए हैं कि भारत में यह महामारी किस क्षेत्र में फैली है और कौन से क्षेत्र बूरी तरह प्रभावित हैं पिछले कृछ सप्ताहों में अधिकारियों ने जिला स्तर तक इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन भी इस बैठक में उपस्थित रहे

कल देर शाम प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है लेकिन झारखंड सरकार को केन्द्र के निर्णय का इंतजार है लॉकडाउन पर राज्यों का अलग अलग निर्णय लेना उचित नहीं है

ऐसे में जीवन और जीविका के बीच संतुलन बनाकर हमें कार्यों को अंजाम देने के लिए आगे आना होगा

लोगों से अपील की गई है कि संक्रमण का कोई भी लक्षण दिखाई देने पर उन्हें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और इसे छिपाना नहीं चाहिए

कई देशों में जांच आधारित रणनीति से लक्षण आधारित रणनीति या समय आधारित रणनीति के अनुसार रोगी को छुट्टी देने के मानदंड में परिवर्तन किया गया है भारत ने भी इसी के अनुसार रणनीति में बदलाव किया है

संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे रोगियों को घर पर आइसोलेशन की अवधि समाप्त होने के बाद जांच की आवश्यकता नहीं होगी गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने कल मजदूरों को जल्द से जल्द गृह राज्य भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की समीक्षा के लिए राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा है कि घर लौट रहे मजदूरों को पैदल चलने या रेल की पटरियों पर चलने से रोका जाए अधिकारी ने बताया कि राज्यों से चिकित्साकर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ का आवागमन सुगम बनाने तथा सभी क्लिनिक नर्सिंग होम और प्रयोगशालाएं खोलने को कहा गया है

इस दौरान बताया गया कि नागरिकों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए प्रौद्योगिकी और आंकड़ों का उपयोग किस तरह किया गया है

कल रांची से एक और गिरिडीह से एक मरीजें कोरोना पॉजिटिव पाये गए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 भारतीय रेलवे ने आज से विशेष यात्री ट्रेन सेवाए फिर शुरू कर दी है शुरू में पन्द्रह रेलगाडियों के जोड़े चलाए जाएंगे इन रेलगाडियों को नई दिल्ली स्टेशन से विशेष ट्रेन के रूप में चलाया जा रहा है और ये डिब्रुगढ़ अगरतला हावड़ा पटना बिलासपुर रांची भूवनेश्वर सिकन्द्राबाद बेंगलुरू चेन्नई तिरूवन्नतपुरम मड़गांव मुम्बई सेंट्रल और जम्मूतवी से जुड़ेंगी वहीं नई दिल्ली से रांची के बीच भी सप्ताह में दो दिन चलेगी

जो पंद्रह विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं उनमें प्रथम द्वितीय और तृतीय वातानुकूलित श्रेणियां मौजूद हैं ट्रेन का किराया खानपान शुल्क हटाकर राजधानी ट्रेन के बराबर ही है इन रेलगांडियों के लिए टिकट आरक्षण केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ही होगा रेल स्टेशनों पर टिकट काउंटर बंद रहेंगे और कोई टिकट जारी नहीं किया जाएगा किराए में खानपान का कोई शुल्कर शामिल नहीं है खानपान के लिए पहले से भी कोई बूकिंग नहीं की जा सकती हालाँकि आईआरसीटीसी सीमित मात्रा में खाद्य पदार्थ और बोतलबंद पानी का नकद भुगतान के आधार पर प्रबंध करेगा रेल मंत्रालय ने बताया है कि यात्रियों को सलाह दी गई है वे अपना भोजन और पानी साथ लेकर जाएं तत्काल और प्रीमियम तत्काल सेवाओं की अनुमति नहीं है केवल कन्फर्म टिकट के यात्री को ही रेलवे स्टेशन में आने दिया जाएगा यात्रियों के लिए मास्क लगाना और गाड़ी में चढ़ने से पहले स्वास्थ्य जांच कराना अनिवार्य है केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा जिनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं होगा यात्रियों को नब्बे मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा जहां उनके तापमान की जांच होगी

रद्द करने का शुल्क किराए का पचास प्रतिशत होगा रेल मंत्रालय ने सभी यात्रियों को सलाह दी है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें कम्बल और परदे ट्रेन के भीतर ही उपलब्ध कराए जाएंगे गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों और उन्हें स्टेशन तक लाने ले जाने वाले चालक के आवागमन की अनुमति कन्फर्म ई टिकट के आधार पर ही दी जाएगी रेल मंत्रालय ने कहा है कि जिन स्टेशनों से रेलगाडियां शुरू होंगी जहां खत्म होंगी और जहां बीच में रूकेगी वहां कम से कम संख्या में आरक्षण काउंटर खोले जाएंगे इन काउंटरों पर केवल रोगियों दिव्यांगजनों स्वतंत्रता सेनानियों मौजूदा और पूर्व सांसदों विधायकों विधान परिषद सदस्यों और रेल कर्मचारियों को ही टिकट बुक कराने की अनुमति होगी सामान्य कोटा के अंतर्गत टिकटों की बुकिंग केवल आईआरसीटीसी वेबसाइट के जरिए ही हो सकती है

समी विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि अपनी शैक्षिक गतिविधियों को सभी पक्षों की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए तय करें और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी लोगों के स्वास्थ्य को उच्च प्राथमिकता दें

लॉकडाउन में भी सरकार किसानों से क्रय किये गए धान के बकाया भुगतान के लिए गम्मीर है

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा है कि एक सप्ताह में किसानों के खाते में राशि भेज दी जायेगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक ट्वीट में बताया कि इस राशि से कोरोना संकट के दौरान राज्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्य होंगे

केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी राशनकार्ड को आधार नम्बर से जोडने की समय सीमा तीस सितम्बर तक बढा दी है यह स्पष्ट किया गया है कि केवल आधार नम्बर नहीं होने पर किसी भी वास्तविक लाभार्थी को अनाज के कोटे से मना नहीं किया जाएगा और न ही राशन कार्ड से उसका नाम हटाया जाएगा और न उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं

कल एक टवीट में मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में इससे संबंधित खबरें पूरी तरह झूठी और निराधार हैं